कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सभी पात्र लोगों से तुरंत पंजीकरण कराने और टीका लगवाने का अनुरोध किया है

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित व प्रभावी हैं शपथ समारोह राज्य लोक सेवा आयोग के नव नियुक्त अध्यक्ष अजय शर्मा और सदस्य जय प्रकाश काल्टा को आज शिमला स्थित राजभवन में एक सादे मगर गरिमामय समारोह में पद की शपथ दिलाई जाएगी राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय उन्हें शपथ दिलाएंगे इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहेंगे बाद में मुख्यमंत्री सूचना व जन संपर्क विभाग के लोक कलाकारों से वीडियो कॉन्फैसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे गोविंद ठाकुर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाक्र ने कहा है कि राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ दिया हैं

दिशा निर्देशों में मुख्य रूप से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में महत्वपूर्ण उपलब्धि को और मजबूत करने पर ध्यान दिया गया है देश के कुछ भागों में कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने के मद्देनजर राज्य और केन्द्रशासित प्रदेशों को जांच निगरानी और उपचार की प्रक्रिया को सख्ती से लागू करने का अधिकार दिया गया है उन्हें यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति कोविड से बचने के नियमों का पालन करे सभी पात्र लोगों को टीके लगाने की प्रक्रिया तेज करने को भी कहा गया है विभिन्न गतिविधियों की फिर से श्रूआत सुनिश्चित करने तथा महामारी से पूरी तरह बाहर निकलने के लिए निर्घारित कंटेनमेंट रणनीति का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं और अब एक नज़र अख़बारों की सुर्खियां पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने फर्जी डिग्री मामले में गिरफ्तारी से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है तीन और गिरफ्तार हजारों अधूरी डिग्रियां मिलीं दिव्य हिमाचल के शब्द हैं फर्जी डिग्री बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश बद्दी पुलिस को मिली बड़ी सफलता तीन राज्यों से पकड़े पांच शातिर

अब स्कूलों में शुरू होगा सेमेस्टर सिस्टम शीर्षक से अमर उजाला लिखता है हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने नौवीं से जमा दो की कक्षाओं के लिए तैयार किया खाका हिमाचल दस्तक के शब्द हैं एक अप्रैल से स्क्रलों में फी मिलेंगी किताबें शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश

दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है कोरोना के बढ़े केसों को देखते हुए शिक्षण संस्थानों को लेकर समीक्षा करेंगे पंजाब केसरी का शीर्षक है कोविड पॉजिटिव भी लड़ सकेगा चुनाव एसओपी का पालन करना अनिवार्य गगरेट में रिश्वत लेने के आरोप में बैंक मैनेजर की गिरफतारी से संबंधित खबर को समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है